प्रदेश में चुनाव प्रचार में धीरे धीरे तेजी आ रही है और भाजपा और कांग्रेस ने अब अपने चुनाव प्रचार में प्री ताकत झोंक दी हैं दोनों पार्टियों के शीर्ष नेता राज्य में चुनावी सभाएं करने वाले है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल राजस्थान के चुनावी दौरे पर रहेंगे दो दिन में श्री मोदी चार जनसभाओं को संबोधित करेंगे पार्टी के वरिष्ठ नेता ओंकार सिंह लखावत ने आकाशवाणी को बताया कि श्री मोदी आज चित्तौड़गढ़ तथा बाड़मेर में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे

कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा है कि कांग्रेस की सरकार के सत्ता में आने पर देश विकास के पथ पर अग्रसर होगा कल अपने बेटे और जोधप्र संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याषी वैभव गहलोत के पक्ष में श्री गहलोत ने जोधप्र में कई स्थानों पर जनसभाए की

इससे पहले कल नामांकन पत्रों की जांच की गई

देश में लोकसभा के तीसरे चरण के चुनाव के लिए आज शाम प्रचार समाप्त हो जाएगा

प्रचार का अंतिम दिन होने के कारण आज विभिन्न राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों के समर्थन में एडी चोटी का जोर लगाएंगे इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने यूपी बिहार और अन्य कई स्थानों पर जनसभाएं की वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी ने छत्तीसगढ़ और बिहार में कई जनसभाओं को सम्बोधित किया प्रदेश में मतदाता जागरूकता के लिए आयोजित किए जा रहे सतरंगी सप्ताह के तहत कल बांसवाड़ा में कैण्डल मार्च निकाला गया इस दौरान नगर परिषद के सभी चौराहों पर दीप प्रज्जवलन किया गया और लोगों को मतदान के लिए शपथ दिलाई गई पाली में भी इस मौके पर जिला निर्वाचन कार्यालय के मुख्य द्वार पर और बांगड में सैंकड़ों दीपक जलाकर अधिकारियों और कार्मिकों को मतदान करने की शपथ दिलाई गई पूर्व कैबिनेट मंत्री हेमसिंह भडाना फिर से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए है श्री भडाना ने पिछले विधानसभा चुनाव में बागी होकर निर्दलीय चुनाव लडा था राजस्थान चुनाव प्रभारी प्रकाश जावडेकर ने कल भड़ाना को पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई निर्वाचन आयोग ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर बने वेब धारावाहिक मोदी जर्नी ऑफ ए कॉमनमैन पर रोक लगा दी है आयोग ने कहा है कि श्री मोदी के जीवन पर आधारित फिल्म पर इसी तरह का प्रतिबंध लगाया गया था चुनाव आयोग ने धारावाहिक के निर्माताओं से यह भी कहा है कि वे धारावाहिक से संबंधित सभी सामग्री इंटरनेट से हटा दें और इस बारे में तत्काल अनुपालन रिपोर्ट भेजें पांच एपिसोड के धारावाहिक में श्री मोदी के बचपन से लेकर राष्ट्रीय नेता बनने तक के जीवन के विभिन्न चरणों को प्रदर्शित किया गया है आयोग का कहना है कि इससे लोकसभा चुनावों में सभी उम्मीदवारों को बराबरी का मौका दिये जाने के सिद्वांत का उल्लंघन होता है गौरतलब है कि श्री मोदी पर बनी फिल्म का मामला अभी उच्चतम न्यायालय में लम्बित है अदालत के आदेश पर चुनाव आयोग के दल ने इस फिल्म को देखकर अपनी रिपोर्ट बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है

प्रमुख मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच माना जा रहा है

वें कल उच्चतम न्यायालय की विशेष सुनवाई में स्वयं पर एक महिला के यौन उत्पीडन के आरोप के मामले की न्यायमुर्ति अरुण मिश्र और न्यायमुर्ति संजीव खन्ना के साथ सुनवाई कर रहे थे यौन उत्पीड़न के आरोपों को अविश्वसनीय बताते हुए न्यायमूर्ति गोगोई ने कहा कि इसके पीछे बड़ा षड्यंत्र है प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि यह मामला ऐसे समय आया है जब देश में लोकसभा चूनाव हो रहे हैं और अगले सप्ताह उनकी अध्यक्षता में न्यायालय की एक पीठ कई संवेदनशील मुद्दों पर विचार करने वाली है उन्होंने इस मामले का फैसला न्यायमूर्ति अरूण मिश्र पर छोड दिया न्यायमूर्ति मिश्र ने कहा कि इस मामले पर पीठ फिलहाल कोई आदेश पारित नहीं कर रही है और यह बात मीडिया के विवेक पर छोड़ रही है कि वह उनसे की जाने वाली अपेक्षाओं के अनुसार संयम बरते और जिम्मेदारी से कार्य करे